राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति सूर्यकांत को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने के बाद न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में प्राधिकरण की बैठक मे यह निर्णय लिया गया

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र और मुख्य सचिव बीके अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे भाजपा प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक कल शिमला में आरम्भ हुई

उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टी महासचिव राम सिंह को सदस्यता प्रभारी और राजीव भारद्वाज को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है सत्ती ने बताया कि जल्द ही मंडल स्तर पर भी सदस्यता प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे रैडकास राज्य रैडकास सोसायटी की शिमला अस्पताल कल्याण शाखा द्वारा आज एतिहासिक रिज मैदान पर वार्षिक रेडकास मेला आयोजित किया जाएगा सुबह दस बजे शुरू होने वाले इस मेले का श्भारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे मेले के दौरान शिमला के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और विभिन्न महिला संघों व समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी इस अवसर पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिससे प्राप्त होने वाली धनराशि रैडकास सोसायटी को दी जाएगी मेले के समापन अवसर पर शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे बस सेवा देश के सबसे लंबे दिल्ली केलंग लेह बस रूट पर राज्य पथ परिवहन निगम के केलंग डिपो की बस सेवा करीब आठ माह बंद रहने के बाद आज से शुरू हो गई है केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने आज सुबह केलंग बस अड्डे से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि ये बस रोहतांग बाराहलाचा लाचुंगला और तंगलंगला दर्रो से होकर गुजरती है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है जन प्रतिनिधियों को तोहफा पहली अप्रैल से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

दैनिक भास्कर ने लिखा है पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय हजार रूपये प्रतिमाह तक बढ़ाया एक अप्रैल से मिलेगा दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल में पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा हिमाचल दस्तक का कहना है दो लाख परिवारों को एक और एलपीजी सिलेंडर फी जबकि आपका फैसला के शब्द हैं गृहिणियों को मिलेगा एक और सिलेंडर अजीत समाचार के अनुसार नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों हेतु पुनर्वास सहायता योजना आरंभ करने को स्वीकृति अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है केंद्र बताए हिमाचल के एनएच के लिए कितनी राशि दी जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है एनएच को केंद्र ने कितने पैसे दिए दैनिक जागरण के शब्द हैं एनएच रखरखाव के लिए कितना पैसा दिया बताए केंद्र दिव्य हिमाचल ने खबर दी है वी रामासुब्रमण्यन हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शहीद अनिल जसवाल की सस्मान अंत्येष्टि शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला ने खबर दी है प्रदेश में डॉक्टर हड़ताल पर दो घंटे इलाज को तड़पते रहे मरीज आपका फैसला लिखता है ओपीडी दो घंटे बंद प्रदेशभर में रोगी परेशान